वे पहले बबेली में नेचर पार्क का अवलोकन करेंगे बाद में वे मनाली में इको टूरिज्म पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे इस सम्मेलन में केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फांस भी शामिल होंगे

बिजली लाहौल घाटी के लिए मनाली की ओर से जाने वाली बिजली की भूमिगत केबल के क्षतिग्रस्त हो जाने से घाटी में बीते एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप्प है इस कारण घाटी में संचार सेवाएं भी बंद हो गई हैं बिजली और संचार सेवाएं ठप्प होने से लाहौल घाटी में इन दिनों पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है हमारे लाहौल स्पिति प्रतिनिधि ने बताया कि बिजली और संचार सेवा पूरी तरह से ठप्प हो जाने के कारण पर्यटक घाटी में नही रुक रहे हैं इस बीच बिजली बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि केबल में आई खराबी को दूर करने के लिए बोर्ड की एक टीम घाटी पहुंच गई है हालांकि अभी तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है बैठक ऊना के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि जेसीसी कर्मचारियों की समस्याओं को रखने का उचित मंच है ऊना जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और समाधान करने के निर्देश दिए उपायुक्त ने ये भी कहा कि छोटी से छोटी समस्याओं का मिल बैठकर हल निकाला जाना चाहिए ताकि जेसीसी की बैठक में वही मामले आएं जिनका विभागीय स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है

बोर्ड के अध्यक्ष अरूण कुमार शर्मा ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों ने पुर्नमूल्यांकन का शुल्क दस्तावेज के साथ बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाया है उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है

इस तिथि तक शुल्क जमा न करवाने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम रद्द समझा जाएगा अब एक नजर अखबारों की सर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है हिमाचली ग्रामीण इलाकों में बनेंगे तीन पर्यटन नगर दैनिक भास्कर का शीर्षक है जंजैहली चांशल बीड़ समेत प्रदेश में नौ नए पर्यटन स्थल होंगे विकसित हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हिमाचल में नौ नए पर्यटन सर्किट तैयार

अजीत समाचार के मुताबिक प्रदेश में नौ सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव वर्षा से हुए नुकसान पर दैनिक जागरण की सुर्खी है लाहुल स्पीति में बादल फटा चार वाहन बहे दैनिक भास्कर के शब्द हैं मनाली लेह मार्ग में जिंगजिंगबार में एवलांच सौ वाहन फंसे अमर उजाला का शीर्षक है ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ मनाली लेह मार्ग फिर बंद गुड़िया मामले पर पंजाब केसरी लिखता है नीलू चरानी की जमानत को नहीं आया कोई वकील न्यायिक हिरासत बढ़ी शिमला जल संकट मामले पर अमर उजाला व आपका फैसला का शीर्षक है जलसंकट के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से हाईकोर्ट नाराज

जबकि दैनिक भास्कर लिखता है नवनियुक्त हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने ली विधायकों की पहली बैठक आपका फैसला ने राज्यपाल के हवाले से लिखा है भारतीय संस्कृति के बलिदानियों का इतिहास गौरवमयी

पौंग विस्थापितों के हक देने को राजस्थान तैयार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर को प्रमुखता दी है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय बचपन बचाना होगा में लिखता है बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई से हिमाचल भी अछूता नहीं है दूसरे राज्यों से लाए गए बच्चे होटलों ढाबों व घरों में काम करते देखना आम बात है आपका फैसला अपने सम्पादकीय में लिखता है कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों सहित समाज के सभी वर्गों को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि हम पैसे खर्च करके बीमारी मोल क्यों लें और उन्हें कीटनाशकों के इस्तेमाल को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिये जिससे हमारी कृषि भी बची रहे और हम भी